इस चरण में सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के उनसठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में रविवार को मतदान होना है सातवें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश के तेरह पंजाब के सभी तेरह पश्चिम बंगाल के नौ बिहार और मध्य प्रदेश के आठ आठ हिमाचल प्रदेश के सभी चार झारझंड के तीन और चंडीगढ़ के एकमात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा आज प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनसभा और रोड शो किया

पांच साल में पहली बार प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्रह में मई दो हजार चौदह को ईमानदार शुरुआत हुई उन्होंने कहा कि जब सरकार सक्षम होती तों रमजान भी होता है आईपीएल भी चलता है बच्चों का एक्जाम भी चलता है प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता पहले से ज्यादा बढ़चढ़ कर आशीर्वाद दे रही है

जिला उपायुक्त हिमांशु गुप्ता ने सभी राजनीतिक पार्टियों से इस दौरान शांति बनाए रखने और क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की उन्होंने उम्मीदवारों से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्थकों को भी आवश्यक निर्देश देने को कहा बैठक में जेडीयू उम्मीदवार तेची कासो और कांग्रेस उम्मीदवार युमलम अचुंग के अलावा बीजेपी जेडीएस और एनपीपी के प्रतिनिधि उपस्थित थे

पुलिस द्वारा कार कि शीशों पर रंगीन कवर हटाने का भी अभियान चलाया गया और सौ से ज्यादा वाहनों के शीशों से रंगीन परते हटाई गई राजधानी क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो ने बताया कि ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों से करीब सैतालीस हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया उन्होंने लोगों से वाहन संबंधी कागजातों को ठीक रखने और ट्रेफिक नियमों का पालन करने का भी अनुरोध किया जानेमाने भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाइचूंग भूटिया ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है बस जरुरत है ऐसी युवा प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें हर जरुरी सहायता उपलब्ध कराई जाए कल राजधानी ईटानगर में एक निजी खेल प्रतिष्ठान का उद्घाटन करते हुए श्री भूटिया ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि खेल को अपना कैरियर बनाने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से प्राथमिकता के आधार पर सुविधाए दी जानी चाहिए

कृषि बागवानी अनुसंधान से जुड़े शोधकर्ताओं ने इस घातक कीट को मक्के में पाया है जो अपनी संख्या बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कर सकता है इन कीटों से धान मक्का ज्वार बाजरा गन्ने और सब्जियों के खेतों को भारी नुकसान पहुंच सकता है कॉलेज ने कृषि अधिकारियों से इस मामले पर तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है

बिजली पानी और सड़क के साथ साथ अन्य बुनियादी सुविधाए जैसे यातायात के साधन लोगों का जीवन बेहतर बनाने में भी मददगार है लेकिन आधारभूत सुविधाओं का लाभ लोगों को मिलता रहे इसके लिए इनका रख रखाव भी जरुरत है राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए आई एस बी टी एक बड़ी उपलब्धी थी लेकिन संपर्क मार्गों के खराब रख रखाव ने लोगों के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं

इसका उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना प्रौद्योगिकियों के बारे में लोगों को जागरुक करना है आज ही के दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का गठन किया गया था

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने आज कहा कि देश का लोक सेवा प्रसारक बड़े डिजिटल मीडिया प्लेट फॉर्म के साथ काम कर रहा है और मतगणना के दिन उसकी कवरेज को इन प्लेट फॉर्मों में प्रमुख रुप से प्रदर्शित किया जाएगा आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में वेम्पटि ने कहा कि प्रसार भारती समाचारों का सबसे प्रामाणिक स्रोत है उन्होंने यह भी कहा कि आकाशवाणी और द्रदर्शन के पास संवाददाताओं का विशाल नेटवर्क है और ये दोनों संगठन चुनाव के दौरान राज्यों से संबंधित समाचारों पर जिस तरह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं वह अपने आप में अनोखा है

उन्होंने समाज में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है